प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में कल से फ्रंटलाईन वर्कर्स को टीका लगाया जायेगा

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिप्रर्ति की भरपाई के लिए राज्यों को छः हजार करोड़ रुपये की एक ओर किस्त जारी की प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से शीतलहर और तेज सर्दी से राहत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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

स्वास्थ्य विमाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि इस चरण में पुलिसकर्मी होमगार्ड रेवेन्यू तथा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं उन्होंने बताया कि इनमें सबसे पहले राजस्व विभाग के अधिकारियों को टीके लगाये जायेंगे

मंत्रालय ने बताया कि एक करोड चार लाख से अधिक मरीज पहले ही इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं देश में कोविड मामलों में लगातार कमी हो रही है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

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने इस का शुभारंभ किया

इनमें उदयपुर करौली धौलपुर बारां जैसलमेर सिरोही बूंदी जिले शामिल है यह कार्यक्रम इन जिलों के सभी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चलाया जाएगा

आज जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय आयुष सोसायटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश की रसायनशालाओं का भी सुद्रढ़ीकरण किया जाएगा बैठक में कम्यूनिटी हैत्थ आफिसर के पदों पर राष्ट्रीय स्वाथ्य भिशन में कार्यरत आयुर्वेद के मेडिकल आफिसर्स को तत्काल लगाने चुरू बीकानेर भीलवाड़ा और अजमेर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय शीघ्र शुरू करने होम्योपैथी आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त मॉनिटरिंग करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

राजस्थान कौशल तथा आजीविका विकास निगम की ओर से रोजगार आधारित जन कौशल कार्यक्रम राजक्विक स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महा अभियान सक्षम तथा समर्थ कार्यक्रम शुरू किये गये है इस मौके पर श्री चांदना ने कहा कि कोरोना काल में कौशल के मायने बदल गये है और युवाओं को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार तैयार रहना होगा कार्यक्रम के बाद श्री चांदना ने तीनों योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी

इच्छुक उम्मीद्वार कल तक नामांकन वापस ले सकते हैं कल ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा

मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतगणना कर नतीजे घोषित कर दिये जायेंगे

इसके साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है

मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में आज से नये पश्चिमी विक्षोम के सकिय होने से दो दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है